मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते कल प्रदेश के सभी उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के दौरान ये निर्देश दिए उन्होंने कहा कि वर्तमान में कांगड़ा चम्बा सिरमौर सोलन और ऊना जिलों में ऐसे हॉट स्पॉट है मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉट स्पॉट क्षेत्रों में कर्फ्यू में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी और आवश्यक वस्तुओं को होम डिलीवरी के माध्यम से पहुंचाने का प्रबंध किया जाएगा उन्होंने अधिकारियों से होम डिलीवरी प्रणाली को मजबूत करने और हॉट स्पॉट क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने हॉट स्पॉट स्थलों को सैनिटाइज करने और वहां फीवर क्लीनिक खोलने के निर्देश दिए जहां बुखार और खांसी के लक्षणों वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी वेबपोर्टल प्रदेश में सोशल मीडिया की ओर से कोरोना वायरस से संबंधित फर्जी जानकारी प्रसारित करने के खिलाफ सरकार गम्भीर हो गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने फर्जी व असत्यापित ख़बरों की जानकारी अपलोड करने के लिए शिमला में कल एक वेबपोर्टल फेक न्यूज डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉट इन लॉच किया ताकि ऐसी ख़बरों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकें मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में सूचना उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी मुख्यमंत्री ने सभी मीडिया प्लेटफार्मो और सभी हित धारकों से सरकार के साथ सहयोग का आग्रह किया ताकि इस वैश्विक माहमारी के प्रसार को रोकने में सफलता हासिल की जा सकें जावडेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से सुरक्षित रहने के लिए आरोग्य सेतु रैप्प डाउनलोड करने की अपील की है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि यह ऐप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर सचेत करता है उन्होंने कहा कि यह ऐप्प सर्वोत्तम चिकित्सीय सलाह भी देता है जावडेकर ने लोगों से कहा कि हर व्यक्ति संक्रमण मुक्त रहेगा तभी देश संक्रमण मुक्त होगा बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व नाहन के विधायक राजीव बिंदल ने लोगों से पूरे अनुशासन के साथ कफ्यू का पालन करने की अपील की है उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद सिरमौर ज़िले के लोगों को और अधिक सजग रहने की जरूरत है

इस राहत पैकेज की पिछले महीने घोषणा की गई थी यह राशि प्रत्येक खाते में पहुंच गई है और लाभार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बैंक से निकाल सकते हैं डीसी कुल्लू कल्लू जिले में किसानों व बागवानों को फसल कटाई व बिजाई का कार्य करने के लिए छूट दी गई है उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कृषि व बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा कि भूंतर व कुल्लू स्थित सब्जी मंडियों में मटर सहित अन्य सब्जियों की आमद शुरू हो गई है उन्होंने कहा कि किसानों को अपने उत्पाद स्थानीय मंडियों तक पहुंचाने के लिए संबंधित एसडीएम द्वारा वाहनों के लिए वाट्सएप्प के माध्यम से ऑनलाईन अनुमति दी जा रही है

दैनिक जागरण लिखता है हिमाचल के हॉट स्पॉट सील कांगड़ा ऊना चम्बा सोलन और सिरमौर में हैं हॉट स्पॉट दिव्य हिमाचल की सुर्खी है हिमाचल के तीन मरीज नेगेटिव आज बड़ा दिन

पंजाब केसरी का कहना है ऑनलाइन जारी होंगे बिजली के बिल व भुगतान इस पत्र की एक अन्य सुर्खी है फीस और अन्य फंड के लिए दबाव बनाया तो प्राईवेट स्कूलों पर पैनडैमिक एक्ट के तहत होगा मामला दर्ज

आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखता है लॉकडाउन को जारी रखने के पक्ष में आ रहे सुझाव इसी समाचार पत्र ने पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी के हवाले से लिखा है ऑनलाईन शॉपिंग और दान देने से पहले ऐहतियात बरतें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

नमस्कार